प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सौ उद्यान व पार्क स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों से नियमों का पालन करने की अपील दोहराई

प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सर्वश्रेष्ठ भारतीय ऐप विकसित करने के लिये आत्मनिर्भर भारत नवाचार प्रतिस्पर्धा का शुभारंभ किया है स्टार्ट अप और तकनीकी क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा भारतीय ऐप निर्माताओं और नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिये यह शुरूआत की गई है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय ऐप्स में विश्व स्तरीय बनने की क्षमता है उन्होंने लोगों और प्रौद्योगिकी से जुड़े समुदाय से आत्मनिर्भर भारत नवाचार चुनौती में भाग लेने का आग्रह किया यह चुनौती दो स्तरों पर आयोजित होगी मौजूदा ऐप का संवर्धन और नये ऐप का विकास प्रधानमंत्री ने कहा कि इस चुनौती के नतीजे मौजूदा ऐप को बेहतर बनाने और लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करेंगे उन्होंने कहा कि भारत और विश्व की अनेक समस्याओं के समाधान के लिये नये ऐप विकसित किये जाने की असीम संभावना है गुरू पूर्णिमा गुरू पूर्णिमा आज देशभर में मनाई जा रही है इस अवसर पर शिष्य अपने गुरूजनों के प्रति श्रद्धा और आभार प्रकट करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि आज गुरुजनों के प्रति सम्मान दिखाने का विशेष दिन है इस अवसर पर उन्होंने सभी ग्रुजनों को नमन किया ऐसा माना जाता है कि इसी दिन महाभारत के रचयिता गुरु वेद व्यास जी का जन्म हुआ था

पहले चरण में योजना के तहत विभिन्न जिलों में पार्को के निर्माण के लिए भूमि चिन्हित की गई है ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बताया कि इन पार्को को मुख्य रूप से वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए डिजाईन किया जाएगा उन्होंने कहा कि इन समी पार्को का र्निर्माण कार्य मौजूदा वित्त वर्ष में पूरा किया जाएगा इन पार्को का उपयोग स्वयं सहायता समूहों के स्थानीय उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए भी किया जाएगा वीरेंद्र कंवर इस बीच ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ऊना ज़िले की टिहरा पंचायत में विकास कार्यों का निरीक्षण किया

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जरूरतमंदों की हर संभव सहायता करने का प्रयास कर रही है उन्होने मनरेगा कामगारों को मास्क व सैनिटाईजर भी वितरित किए मारकंडा कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने लाहौल स्पिति जिले के दौरे के दौरान उदयपुर शकौली और त्रिलोकीनाथ पँचायतों में जनसमस्याएं सुनीं और अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जनसमस्याओ के निपटारे और विकास कार्यों में तेजी लाई जा रही है मारकंडा ने बताया कि शकौली में पंचायत घर प्राथमिक स्कूल और महिला मंडल भवन के निर्माण के लिए धन का प्रावधान कर दिया गया है सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने सोलन जिले में फोरलेन कार्य के चलते पेश आ रही समस्याओं के तूरंत समाधान के निर्देश दिए हैं वे कुमारहट्टी में फोरलेन निर्माण कार्य से क्षतिग्रस्त मकानों का निरीक्षण करने के बाद प्रभावित परिवारों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने प्रभावितों को नुकसान की भरपाई का आश्वासन दिया सैजल ने कोटी गांव में बिजली के पुराने खम्मे बदलने के भी विद्यूत बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिए डुब्लयूएचओ विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के प्रकोप को काबू करने के लिए भारत सरकार के प्रयासों की सराहना की है संगठन के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वांमिनाथन ने कहा है कि पिछले कुछ महीनों में भारत जांच किट के मामले में आत्मनिर्भर बन गया है जो एक उपलब्धि है अपील राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की है अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आरडी धीमान ने आज शिमला में बताया कि नागरिकों की सुविधा को देखते हुए लॉकडाउन के बाद अनलॉक को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है जिससे लोगों को अपने जीवन को सामान्य बनाने का मौका मिल रहा है उन्होंने कहा कि कुछ स्थानों पर लोग कोरोना संक्रमण प्रतिबंधों को नजरअंदाज करते नजर आ रहे हैं धीमान ने कहा कि कोर्रोना से डरने या भ्रमित होने की बजाए सजग व सतर्क रहने की जरूरत है उन्होंने लोगों से अपने आसपास स्वच्छता का पूरा ध्यान रखने का भी आवाहन किया है

इसमें पात्र अक्शल कामगारों को जॉब कार्ड प्रदान किए गए खंड विकास अधिकारी यशपाल सिंह के अनुसार कोरोना संकटे के दौरान बेरोजगार हुए ग्रामीणों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये आयोजन किया गया है

यह एक दिन में संक्रमण की प्रष्टि की सबसे बड़ी संख्या है

आदेश उधर कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद हमीरपुर ज़िले की बड़सर में सामुदायिक स्वास्थ्य कोन्द्र को ओपीडी और इंडोर ब्लॉक सहित पंचायत के कुछ क्षेत्रो में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं उपायुक्त हरिकेश मीणा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं इन क्षेत्रों में अब आगामी आदेशों तक कफ्यू में कोई ढील नहीं दी जाएगी

ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं

विभाग ने लोगों से सार्वजनिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने और आरोग्य सेंतु ऐप्प डाउनलोड कर इसमें दिए गए निर्देशों पर अमल करने का आहवान किया है माकपा माकपा ने आगामी सेब सीजन को देखते हुए इसकी तैयारियों के लिए राज्य सरकार से समय रहते उचित कदम उठाने की मांग की है ताकि बागवानों को मजदूरों पैकिंग सामग्री और मालवाहक वाहनों की कमी न हो

उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते सेब सीजन के लिए विभिन्न साधनों की बड़े पैमाने पर कमी देखी जा रही है मौसम प्रदेश में मॉनसून सक्रिय हो गया है

जनजातीय ज़िला लाहौल स्पिति में बीती रात उंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी व निचले क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का समाचार है इस बीच मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह तक राज्य में अधिकांश स्थानों पर वर्षा की संभावना जताई है